राज्यपाल लालजी टंडन ने पटना के गांधी मैदान में किया झण्डोत्तोलन

राष्ट्र आज सत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है मुख्य समारोह नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति ने लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया लांस नायक वानी की ओर से उनकी माता और पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया परेड का नेतृत्व दिल्ली मुख्यालय क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री कर रहे थे राजपथ पर परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया इस साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की झांकियों को परेड में शामिल किया गया

वहीं पहली बार इस साल मेजर खुशबू कंवर के नेतृत्व में असम राइफल्स के महिला दस्तों ने मार्च पास्ट किया

इन झांकियों में महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शो को प्रदर्शित किया गया मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में स्वच्छ भारत अभियान सौभाग्य योजना और किसान गांधी जैसे विषयों पर झांकियों का प्रदर्शन किया गया

कार्यक्रम के अंतिम चरण में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपने अद्भुत कर्तब से दर्शकों का मन मोह लिया गणतंत्र दिवस समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और फिर रंगविरंगे गुब्बारे छोड़े गए

गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल लालजी टंडन ने पटना में गांधी मैदान में तिरंगा फहराया इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री टंडन ने कहा कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है श्री टंडन ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाये हैं राज्यपाल ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास और सामाजिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है इस अवसर पर बिहार पुलिस बीएमपी एसएसबी एनसीसी और स्कॉउट एण्ड गाईड के जवानों ने परेड में भाग लिया इस अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया कला और संस्कृति विभाग की झांकी को पहला उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को दूसरा और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को तीसरा स्थान मिला पटना के फुलवारीशरीफ प्रखंड के पसही महादलित टोले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की उपस्थिति में गांव के बुजुर्ग रामदेव चौधरी ने झंडोत्तोलन किया गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों विद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में झंडोत्तोलन किया गया विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद में कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने पुलिस मुख्यालय भवन में आकाशवाणी पटना में उप महानिदेशक वेद प्रकाश भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जदयू कार्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह राजद कार्यालय में रामचन्द्र पूर्वे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मदन मोहन झा लोजपा कार्यालय में सत्यानंद शर्मा और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा कार्यालय में जीतनराम मांझी ने तिरंगा फहराया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के कार्यालय में भी झण्डोत्तोलन किया गया विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं में भी इस अवसर पर तिरंगा फहराया गया इनर्जी इंटरनेशनल में संस्था के विधि परामर्शी गजेन्द्र कुमार झा ने झंडोत्तोलन किया पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया वैशाली में प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव मध्यबनी में प्रेम कुमार मोतीहारी में विनोद नारायण झा दरभंगा में महेश्वर हजारी आरा में विनोद कुमार सीतामढ़ी में सुरेश कुमार शर्मा शिवहर में राणा रणधीर खगड़िया में कपिल देव कामत मुजफ्फरपुर में पशुपति कुमार पारस गया में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा औरंगाबांद में ब्रज किशोर बिंद जमुई में मोहम्मद खूर्शीद बक्सर में कृष्ण कुमार ऋषि कटिहार में राम नारायण मंडल और बेगूसराय में विजय कूमार सिन्हा ने तिरंगा फहराया भागलपूर में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कूमार और सहरसा में सफीना ए एन ने झंडा फहराया मुंगेर में जिलाधिकारी आनंद शर्मा बेतिया में निलेश रामचन्द्र देवड़े सासाराम में पंकज दीक्षित मधेप्रा में नवदीप शुक्ला अररिया में हिमांशु शर्मा और शेखपुरा में योगेन्द्र सिंह ने झंडोत्तोलन किया गणतंत्र दिवस के दौरान झंडोत्तोलन के क्रम में गोपालगंज और औरंगाबाद में करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गयी गोपालगंज जिले के बरौली थाना के बढ़िया गांव स्थित एक निजी विद्यालय में झंडोत्तोलन के दौरान लोहे की पाईप के उच्च क्षमता वाले विद्युत तार के सम्पर्क में आने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये वहीं औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खखड़ा गांव में झंडोत्तोलन की तैयारी के क्रम में करंट लगने से एक स्कूल के निदेशक की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से रांची के रिम्स में मुलाकात की इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया सूत्रों ने बताया कि जल्द ही महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा हो जायेगी खगड़िया के पूर्व विधायक राम बहादुर आजाद का आज निधन हो गया वे अठानवे वर्ष के थे उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गहरी संवेदना जतायी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की सम्भावना जतायी है इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है वहीं शेष हिस्सों में सुबह के समय हल्का कुहासा छाया रहेगा इधर आज भी पटना गया नालंदा अरवल और जहानाबाद जिले के कई हिस्सों में हल्की ब्रंदाबादी हुई पिछले चौबीस घंटों के दौरान त्रिवेणी बाल्मिकी में सबसे अधिक सोलह दशमलव दो मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गयी वहीं सात दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा शेखप्रा सदर अस्पताल में आज से ब्लड बैंक और आईसीयू की सेवा शुरू हो गयी है जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने दोनों सेवाओं की विधिवत शुरूआत की गया जिले में आमस थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर टोल प्लाजा के पास नारकोटिक्स विभाग की टीम ने एक ट्रक से ढाई क्विंटल गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद गांजे की कीमत लगभग साढ़े सैंतीस लाख रुपये बताई जाती है इधर गोपालगंज जिले के धामापाकड़ गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग चार हजार बोतल शराब बरामद की है और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्र आज मना रहा है सत्तरवां गणतंत्र दिवस

राज्यपाल लालजी टंडन ने पटना के गांधी मैदान में किया झण्डोत्तोलन